कांगड़ा ज़िले के फतेहपुर क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास योजनाएं जनता को समर्पित केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल बिलासपुर में एम्स निर्माण स्थल का करेंगे भूमि पूजन

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अध्यापकों से बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने का आहवान किया है ऊना जिले के गोंदपुर बनहेड़ा में आज राज्य शिक्षक संघ के एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है और उन्हें नशीली दवाओं के बढ़ते दुरूपयोग को रोकने के लिए आगे आना चाहिए मुख्यमंत्री ने अध्यापकों से छात्रों की बदलती आदतों और व्यवहार पर नज़र रखने का आहवान भी किया उन्होंने कहा कि हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में देशभर के बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है और इसका श्रेय राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के अलावा अध्यापकों को भी जाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के पद सृजित किए जाएंगे

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने समाज में शिक्षकों की ज़िम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने कांगड़ा ज़िले में फतेहपुर क्षेत्र में आज करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए

जयराम ठाकुर ने फतेहपुर में मिनी सचिवालय भवन की आधारशिला भी रखी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सरकार ने पूरा ध्यान विकास कार्यो में लगाने का निर्णय लिया था और एक साल के भीतर ईमानदारी से राज्य का विकास करने का प्रयास किया गया है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है और किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है

अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने आज मण्डी में विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि मण्डी शहर का विकास और सौंदर्यकरण किया जा रहा है उन्होंने बताया कि आईटीआई से विक्टोरिया पुल तक सड़क बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और शिवा बावड़ी का जीर्णोद्वार भी किया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सभी वर्गों से आगे आने का आहवान किया है ऊना जिले के अंब नैहरियां में आज एक स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि नशे से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और युवाओं को नशे के सौदागरों से बचाना होगा वीरेन्द्र कंवर ने मेधावी बच्चों को पुरस्कार भी बांटे

भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम को हिमाचल में लागू कर राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई पहल की है उन्होंने कहा कि इससे सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के उत्थान में मदद मिलेगी सत्ती ने प्रदेश मंत्रिमण्डल द्वारा अपराध पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास व मुआवज़े और संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाने के संबंध में लिए गए फैसले का भी स्वागत किया है

सोलन में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कमज़ोर वर्गों को पहले से दिए जा रहे आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है वीरेन्द्र कश्यप ने राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की तर्ज पर प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण देने के निर्णय का भी स्वागत किया

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से पार्टी से संबंधित किसी भी मामले को मीडिया में न ले जाने की सलाह दी है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी करना कांग्रेस विचारधारा के खिलाफ है और इससे पार्टी की छवि ध्रमिल हो रही है राठौर ने कहा कि मीडिया में बयानबाज़ी करने वाले नेताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और अपने इस्तीफे वापस लेने का आग्रह किया है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और पार्टी में सभी नेताओं का सम्मान है उन्होंने भाजपा नेताओं को कांग्रेस की चिंता छोड़ अपनी पार्टी के बारे में सोचने की सलाह दी है

मरने वालों में एक महिला व दो पुरूष शामिल हैं ये सभी जम्मू कश्मीर के बसोली के रहने वाले थे और एक समारोह में भाग लेने के बाद वापिस लौट रहे थे प्रशासन व पुलिस की टीमों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शवों को खाई से निकाला मौसम लाहौल स्पीति ज़िले की ऊंची चोटियों पर आज दूसरे दिन भी रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जिससे ज़िले में ठण्ड बढ़ गई है राज्य के अन्य इलाकों में आज घने बादल छाए रहे और ठण्डी हवाएं चलती रहीं मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन प्रदेश में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है

उधर लाहौल स्पीति ज़िले में जनवरी के महीने में भले ही लोगों को रिकॉर्ड ठण्ड का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इस बार बर्फबारी अपेक्षाकृत कम हुई है कम बर्फ पड़ने से ज़िले के किसान चिंतित हैं उधर चम्बा ज़िले की ऊंची चोटियों पर भी दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है

शिमला में मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अभियान के संयोजक संजीव राणा को ये धनराशि प्रदान की मांग चम्बा के जनजातीय क्षेत्र पांगी की लुज पंचायत के लोगों ने धरवास हैलीपैड के लिए हवाई उड़ानें करवाने की सरकार से मांग की है पंचायत के उप प्रधान हंसराज ने कहा कि अभी तक धरवास के लिए एक भी हवाई उड़ान नहीं हुई है और क्षेत्र में कई रोगियों को इलाज के लिए घाटी से बाहर जाना है उन्होंने सरकार से जल्द उड़ानें करवाने का आग्रह किया है श्रमदान चम्बा की जनजातीय पांगी घाटी के साच में क्षतिग्रस्त पावर हाउस को दुरूस्त करने में क्षेत्र के लोगों ने श्रमदान कर घाटी में एक बार फिर बिजली पहुंचाने में मदद की है स्वयं सेवी संगठन सेवा के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश शर्मा ने इसके लिए प्रजामण्डल के सदस्यों का आभार जताया है

शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला किया गया जिसके लिए उन्होंने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई है राणा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग पार्टी में रजवाड़ाशाही नीतियों को थोपने का प्रयास कर रहे हैं